परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने आज सुबह साढ़े सात बजे सड़क सुरक्षा के लिए मैराथन दौड़ सुरक्षा की को रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री दौड़ के सभी श्रेणियों के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा प्रदेश के सभी जिलों में भी सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में अन्य राज्यों की अपेक्षा पहले स्थान पर है प्रदेश में हर साल तीन हजार दुर्घटनाएं होती हैं

राज्य स्तरीय समारोह हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा शिमला में आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे समारोह में बहुभाषीय कवि सम्मेलन कराने के अलावा दो शोधपत्र पढ़े जाएंगे उधर नगर परिषद सभागार सोलन में भी आज सांय परमार जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में सिरमौर कल्याण मंच सोलन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों को इस संबंध में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं सेकेंडमेंट राज्य में सरकारी कर्मचारी के लिए अब विभागों में सेकेंडमेंट का रास्ता खुल जाएगा कर्मचारी अब अपने विभाग से दूसरे विभाग में भी स्थानातंरित और एब्जोर्ब हो सकते है प्रदेश सरकार ने कार्मिक विभाग को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि सभी विभागों और पदोन्नति नियमों में ये सभी प्रावधान किए जाएं उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भर्ती नियमों में ना तो सेकेंडमेंट और ना ही एब्जोर्ब का प्रावधान है इसलिए बंद या मर्ज हो रहे बोर्डो व निगमों के कर्मचारियों को अन्य विभाग में भेजने के लिए कैबिनेट से अनुमति लेनी पड़ती हैं बरसात नुकसान मंडी जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल में बरसात के कारण लोकनिर्माण विभाग को लगभग साढ़े तीन करोड़ जबकि सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के चौंतड़ा मंडल को सवा पांच लाख रूपए का नुकसान हुआ है जोगिंद्रनगर के एसडीएम अमित मैहरा ने बताया कि मॉनसून को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को पहले ही आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए है उन्होंने लोगों से नदी नालों व खड्डों से दूर रहने की अपील की है ताकि जान माल का नुकसान न हो अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है

ऐसा दानवीर नहीं देखा शीर्षक से दैनिक जागरण ने ख़बर प्रकाशित की है अर्की की ग्राम पंचायत सेवड़ा चण्डी के मस्त राम ने दाड़लाघाट की राधा कृष्ण गौशाला के लिए दान की भूमि नीदरलैंड की कंपनी ब्रेकल के खिलाफ एफआईआर इसी अख़बार की एक अन्य ख़बर है ईवीएम की कैद से आजाद होंगे सरकारी स्कूल दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है

हिमाचल दस्तक के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए खुलेगा सेकेंडमेंट का रास्ता सभी विभागों में होगा सेकेंडमेंट और अब्जोर्ब का प्रावधान

हिमाचल में जाइका के तहत बनी सड़कों की होगी जांच दैनिक सेवरा टाइम्स की एक ख़बर है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

नमस्कार